आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस कार्यक्रम में विद्यार्थियों अध्यापकों और अभिमावकों से बातचीत कर रहे थे आज दुनिया बहुत बदल चुकी है संभावनायें बहुत बढ़ गई हैं सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है उसी प्रकार से कोई एक एक्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है वो एक पड़ाव है सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए लेकिन यही सब क्छ है ये कमी नहीं मानना चाहिए जिस दिन मां बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो भई क्छ नहीं ये जो मूड बना देते हो मेहरबान करके ऐसा मत करो परीक्षा पे चर्चा के तीसरे चरण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के सद्पयोग के लिए टैक्नोलॉजी को नियंत्रित रखना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा के दौरान पढ़ाई के अलावा अन्य कारणों से भी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं प्रधानमंत्री ने पठन पाठन के अलावा अन्य गतिविधियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने से व्यक्ति रेबोट की तरह हो जाता है उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य नई चीजें सीखने का केवल एक तरीका है और विदयार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए एक्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए डरना ही नहीं चाहिए खुद को कसते रहना चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे दूसरी बार करेंगे ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए और विद्यार्थी काल का विषय नहीं है

विद्यार्थी ऐसा नहीं है जीवनभर भीतर के विद्यार्थी को जीवित रखना चाहिए जिंदगी जीने का यहीं उत्तम मार्ग है नया नया सीखना नया नया जानना नया नया पहचानना प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्थाई विफलता का यह मतलब नहीं है कि सफलता आपका इंतजार नहीं कर रही है वास्तव में विफलता का सीधा मतलब है कि आपका सबसे अच्छा योगदान आना अभी बाकी है एक सवाल के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि विफलता में भी सफलता का रास्ता ढूंढा जा सकता है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा एग्जाम वॉरियर पुस्तक पढ़ने को कहा जिससे उन्हें सभी सवालों का हल ढूंढने में मदद मिलेगी उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका आज खारिज कर दी याचिका में उसने दावा किया था कि सोलह दिसम्बर दो हजार बारह को अपराध के समय वह किशोरावस्था में था न्यायमूर्ति आर भान्मति न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की विशेष खंडपीठ ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए दोषी पवन की याचिका खारिज की पीठ की ओर से न्यायमूर्ति आर भानुमति ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि पवन के नाबालिग होने का दावा निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने पहले ही खारिज किया जा चुका है और इस दार्व पर विचार करने का याचिका में कोई विशेष आधार नजर नहीं आता दिल्ली की एक अदालत ने मामले के चार दोषियों विनय शर्मा मुकेश कुमार अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को फांसी के लिए शुक्वार को फिर से डेथ वारंट जारी किया है

श्री चौधरी के साथ तीन पूर्व विधायक दूधराम राजेन्द्र चौधरी जितेंद्र चौधरी उर्फ नंदू पूर्व सांसद अरविंद चौधरी और छह जिला पंचायत सदस्यों ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की बसपा प्रमुख मायावती ने करीब दो महीने पहले श्री चौधरी को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया था